केन्द्रीय कैबिनेट ने आय्ष्मान भारत नामक राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्रक्षा अभियान शुरू करने का फैसला किया है कल नई दिल्ली मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई में कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया इस योजना में प्रत्येक वर्ष परिवार को पांच लाख रूपये की सीमा का लाभ मिलेगा इस योजना का पूरे देश के दस करोड़ से अधिक गरीब लोगों को फायदा होगा ये योजना प्रे देश में लागू होगी जिसमें लाभार्थी किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल जो पैनल में होंगे से कैशलसे फायदा लेने को स्वतंत्र होंगे आयुष्मान भारत योजना में केन्द्र द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का समावेश हो जायेगा केन्द्र सरकार ने सशस्त्र सीमा के अधिकारियों से नीचे पद पर काम कर रहे सैनिकों ग्म या दविव्यांग सैनिकों शहीदी सिपाहियों के बच्चों को पढ़ाई के लिए दिये जाने वाली छूट की सीमा हटा दी है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छूट की सीमा अब नहीं रहेगी जो इससे पहले दस हजार रूपये प्रति माह रखी गयी थी ये छ्ट केवल सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों मिल्ट्री या सैनिक स्कूल केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रात्प शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने पर ही दी जायेगी

इसे आज राज्य सभा से मंजूरी दी गई जबकि लोकसभा ने पिछले सप्ताह ही इसे पास कर दिया था श्रम मंत्री संतोश क्मार गंगवार ने अधिनियम पेश करते हुए कहा कि एक महत्वपूर्ण कानून है जो कर्मचारियों विशेषकर महिलाओं को लाभ देगा इसके तहत मातृत्व अवकाश की अवधि सेवा की नितरंता के रूप में मानी जायेगी

नवरात्र के पांचवे दिन आज हरियाणा की महिला एवं बाल विाकस मंत्री कविता जैन ने माता मनसा देवी मंदिर पंचक्ला में सपरिवार माथा टेका

कविता जैन ने प्रदेश में आये दिन छोटी बच्चिों के साथ हो रहे द्रष्कर्म के मामले में चिंता जताई आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश दया चौधरी ने हिसार में न्यायालय भवन की आधारशिला रखी

कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा का किसान सैनिक और खिलाड़ी देश में सबसे आगे है वो आज भिवानी जिले के तिगड़ाना में आयोजित हरियाणा स्टाइल कबड़डी प्रतियोगिता का उदघाटन करने के अवसर पर बोल रहे थे श्री धनखड़ ने कहा कि हमारा सपना ओलम्पिक में अमेरिका से भी ज्यादा मैडल लाने का है उनहोंने कहा कि हरियाणा में खिलाडिय़ों को आउट टर्न नौकरी देने की नीति जल्द ही कैबिनेट में पास होने वाली है ऑफ फतेहाबद के सरपंचों ने आज जिला मुख्यालय के पंचायत भवन में बैठक की और सरकार की ओर से विकास कार्यो के लिये ग्रांट नहीं दिये जाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लघ् सचिवालय पहुंचे उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा सरपंचों का कहना है कि हरियाणा सरकार पिछले तीन सालों में ग्रामीण अंचल के विकास के लिए ग्राम पंचायत को सहायता राशि देने के बजाय केवल कानून बनाने के अध्ययन में जूटी है सरपंचों ने ये भी दोष लगाया कि अब सरकार पढ़ी लिखी पंचायतों के आधार छीनने का प्रयास ई टेंडरिंग प्रणाली के जरिये कर रही हे फतेहाबाद के उपाय्क्त डॉ हरदीप सिंह ने जिलावासियों से आग्रह किया है कि वो पर्यावरण को बचाने हेत् आगे आये और ये हम सबका कत्तव्य है उन्होंने कहा कि गेहं की फसल कटाई का सीज़न शुरू होने जा रहा है और इसके बचे फानों और अवशेषों को आग लगाने से पर्यावरण प्रद्रषित होता है और जहरीली गैसे भी पैदा होती है इस लिए किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए आज विश्व जल दिवस है

इस वर्ष का विषय जल के लिए प्रकृति रखा गया है जिसमें प्राकृतिक आधार पर जल की कमी से निपटने के लिए संभावानाएं तलाशने पर जोर दिया जाना है क्योंकि पानी की कमी पूरे विश्व के लिए इस शताब्दी की बड़ी समस्या है हरियाणा के विभिन्न जगहों में जल दिवस मनाये जाने के समाचार है लोगों ने इस अवसर पर पानी के महत्व को समझते हए इसके किफायती ांग से प्रयोग किये जाने पर बल दिया और कहा कि जल का द्रूप्रयोग हम सब को मिल कर रोकना होगा